कई राज्यों से अबतक सात हजार से अधिक प्रवासी लौटे

यह दिशा निर्देश एनडीएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने जारी किए हैं गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाए बंद रहेगी केवल घरेलू हवाई एंबूलेंस तथा चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अनुमति होगी रेल और मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी स्कूल कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेगे इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा होटल और रेस्त्रां सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी केवल स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य कर्मियों सरकारी अधिकारियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्य लोगों और क्वॉरंटीन सुविधाओं के लिए ऐसी सेवाओं की अनुमति होगी केवल वैसे ही होटल और रेस्त्रां खुल सकेंगे जो होम डिलिवरी सेवा देते हों सभी सिनेमाघर शॉपिंग मॉल जिम स्वाभिंग पूल मनोरंजन पार्क सिनेमाघर बार ऑडिटोरियम सभा भवन और ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन इसमें दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी सभी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी किसी भी तरह के सम्मेलनों और धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे अंतर्राजीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी लोगों की आवाजाही के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा कोविड संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल रात राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें बैठक में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि यदि राज्यों से जल्दी मंजूरी मिल जाती है तो और विशेष रेलगाडियां चलाई जा सकती हैं राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए कैबिनेट सचिव ने बैठक में यह भी बताया कि जो मजदूर पैदल चलते पाये जाए उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाडियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए

ये सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे इनके अनुसार चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और इधर उधर थ्रकने पर जुर्माने के साथ सजा होगी

कई घंटों तक पैदल चलने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से संपर्क किया जिसकी जानकारी मिलने पर श्री मुंडा ने हजारीबाग और खूंटी जिले के उपायुक्त को मामले की सुचना दी

बरही में रात गुजारने के बाद सभी प्रवासी मजदूर खूंटी के लिए रवाना होंगे

लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र जो महज क्छ किलोमीटर की दूरी पर है वहां बिहार के बांका में कई कोरोना रोगी पाए जाने के बाद गोड्डा जिला के बसंतराय पथरगामा हनवारा और मेहरमा की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने सीमा पर चेक नाका का कड़ाई से निरीक्षण किया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीमा से सटी सड़कों पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है

आज छह श्रमिक स्पेषल रेल के झारखंड आने का षिड़यूल है जिनमें दो रेल धनबाद और देवघर पहंच च्की है आज चार और रेल आएगी

इस ट्रेन से कुछ वैसे भी श्रमिक धनबाद पहंचे जिन्होंने कर्नाटक से साइकिल चलाकर झारखंड लौटाने की ठानी थी इन श्रमिकों को जब जानकारी मिली कि बंगलुरू से विशेष ट्रेन झारखंड जाने वाली है तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया और साइकिल के बजाय ट्रेन से झारखंड लौटाने का निर्णय किया स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई फूड पैकेट एवं पानी देकर उन्हें संबंधित जिले की बसों में बैठाया गया साहिबगंज प्रवासी साहिबगंज जिले में कल छह सौ छियानबे प्रवासी श्रमिक बसों और अन्य वाहनों से पहंचे जिनकी प्रारंभिक जाँच और होम कोरेंटिन के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में निबंधन किया गया इनमें तीन सौ अड़तालीस लोग रेड जोन से आये हैं जिनकी थ्रोट स्वैप जांच की जाएगी जबकि अन्य स्वस्थ पाए गए लोगों को भोजन कराकर होम कोरेंटिन के लिए घर भेज दिया गया है

लाभुक स्टोरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनेक लोग भुगतान प्राप्त कर रहे हैं गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के खेरोन गांव की महिलाओं ने जनधन समेत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ मिलने पर सरकार को धन्यवाद दिया है

उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि इस हेल्पलाइन पर स्वयं प्रवासी श्रमिक राहगीर आम नागरिक सामाजिक संगठन मीडिया के लोग या पीसीआर कर्मी पैदल चल रहे लोगों की सूचना दे सकते हैं उपायुक्त ने सभी लोगों से अपील की कि जिले की परिधि के भीतर यदि कहीं भी प्रवासी राहगीरों के परिवार या जत्थे पैदल या साइकिल द्वारा जाते हए नजर आएं तो उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद करें

तत्पर नाम से शुरू की गई इस पहल का नोडल पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार को बनाया गया है

इनमें रामगढ़ में दो हजारीबाग रांची लोहरदगा और देवघर के एक एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है रामगढ़ और लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है

नए मरीज के मिलने के बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या दो सौ तेइस हो गई है जिनमें एक सौ तेरह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर कल शाम को हजारीबाग से एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पच्चीस पहुंच गया है

शेष बाईस का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है

जाने माने मनो चिकित्सक और परामर्शदाता डॉक्टर अवधेश शर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे